डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने जिनेवा में इस नाम की घोषणा की चीन में कोरोना वायरस संकमण के कारण हुई बीमारी से मरने वालों की संख्या एक हजार से ज्यादा हो गई है

इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव प्रीति सूदन ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम और जांच के लिए की गई तैयारियों और उठाए गए कदमों की समीक्षा कीं उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है श्रीमती सूदन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार चौकस और सतर्क रहने को कहा

अभियान के व्यापक उद्देश्यों में देश की विविधता में एकता को दर्शाना और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है इस अभियान के तहत राज्यों के जोडे बनाये गये है ताकि राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान हो सके अभियान के तहत राजस्थान के साथ असम को जोडीदार बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा इसमें कई पहल की जा रही है इसके माध्यम से राजस्थान और असम के बीच सदियों पुराने संबंधों को प्रस्तुत किया जा रहा है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढाई करने जयपुर आए असम के कई छात्रो पर राजस्थान की रंगबिरंगी संस्कृति का खासा असर हुआ है

इस दौरान उन्होंने वायु सेना स्थल जैसलमेर का दौरा किया इस अवसर पर स्थल के अधिकारियों द्वारा श्री घोटिया को वायु सेना स्थल की संचलन भूमिका और कार्य के बारे में जानकारी दी गई

योजना में गांव के प्रत्येक परिवार को दस लाख रूपये दिये जायेंगे कृषि भूमि के लिए अलग से डीएलसी दर से भुगतान किया जायेगा

बैठक के दौरान सांभर में हुई पक्षियो की मृत्यु के सम्बन्ध में किये रेस्क्यू आपरेशन की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया बैठक में सम्बन्धित विभागों और एजेन्सीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए के गुप्ता ने बताया कि भिवाडी में ये कार्रवाई एक शिकायत मिलने के बाद स्पेशल टीम गठित कर की गई उन्होंने बताया कि विशेष डिजिटल उपकरण के जरिये क्षेत्र के बडे औद्योगिक कनेक्शनों में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी